देश भर में एक हजार छह सौ सैंतीस लोग महामारी से संक्रमित

अन्य की तलाश में राज्य भर में छापेमारी जारी

बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के आज दो नये मामले सामने आने के बाद राज्य में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर चौबीस हो गयी है तेरह सौ पचास नमूनों की जांच में तेरह सौ चौबीस निगेटिव पाये गये हैं अन्य जांच के परिणाम की प्रतीक्षा है महामारी से राज्य में अब तक एक मरीज की मृत्यु हुई है इधर देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ सैंतीस हो गई है इनमें से एक सौ तैंतीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है अब तक कुल अड़तीस लोगों की मृत्यु हुई है पिछले माह दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में बिहार से शामिल होने वाले एक सौ छियालीस लोगों में से चालीस की पहचान कर ली गई है इन लोगों में से सैंतीस विदेशी नागरिक हैं जबकि दो उत्तर प्रदेश और एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है ये विदेशी नागरिक इंडोनेशिया मलेशिया और किर्गिस्तान के हैं सभी चिन्हित लोगों के स्वास्थ्य की जांच के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के लिये नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है सत्रह विदेशियों को पटना की एक मस्जिद में जबकि ग्यारह विदेशी नागरिकों को बक्सर और नौ लोगों को अररिया की मस्जिद में क्वारेनटाईन पर रखा गया है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि जिन लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पायी है उनकी तलाश के लिये अभियान शुरू किया गया है ऐसे लोगों की खोजबीन के लिये आतंकवादी निरोधक दस्ता और पूलिस द्वारा राज्य में कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ी है और राज्यों से कहा गया है कि वे संदिग्ध पीडितों की तलाश के लिए गहन अभियान चलायें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की आवाजाही के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि एक हजार आठ सौ लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है श्री अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि वे लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में न जायें और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखें केन्द्र सरकार कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए हर आवश्यक उपाय कर रही है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवासी कामगारों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इक्कीस हजार से अधिक राहत शिविर बनाये गये हैं गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान छह लाख से अधिक लोगों को इन शिविरों में शरण दी जा सकेगी

एसेंशियल सप्लाइज की स्थिति भी संतोष जनक है जो हमें राज्य सरकारों और यूटीज से जानकारी प्राप्त हुई है

केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस के मद्देनजर आवश्यक सामानों की निर्बाध आपूर्ति के लिए कई पहल की है ताकि आम लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े

किसानों को मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में दो हजार रुपये मिलेंगे

जहां तीन लाख से अधिक बैड हैं ये आइसोलेशन कोच समी आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे इस समय पूरा देश चुनौती का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर संमव कोशिश कर रही है हम ऑल इंडिया रेडियो में हैं ताकि आपको सभी अपडेट दिए जा सकें आप घर पर रहे और सुरक्षित रहें सौभाग्य के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मददेनजर लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी कामगारों और राशन कार्डधारकों को एक एक हजार रूपये की मदद डीबीटी के जरिये दी जायेगी श्री कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से कहा कि राज्य में एक करोड़ अड़सठ लाख से अधिक राशन कार्डधारक हैं उन्होंने कहा कि राज्य के दूसरे हिस्सों से आये लॉकडाउन के कारण प्रभावित कामगारों को हरसंभव मदद दी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भी मदद ली जायेगी

तो सब लोगों से बातचीत की गयी और आप सब लोग इस काम में लगे हुए हैं तो इससे लोग प्रेरित हुए हैं लोग समझें कि अलग रहना जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग आप घर के अंदर रहिये बहुत नजदीक एक दूसरे के नहीं रहिये और इसका पालन किजिए केन्द्र सरकार ने प्रवासी कामगारों से लॉकडाउन अवधि में अपने नियमित कार्य स्थल या स्थानीय निवास स्थलों पर बने रहने को कहा है गृह मंत्रालय ने परामर्श जारी कर कहा है कि प्रवासी कामगारों को उनके नियोक्ता और मकान मालिक निकाल नहीं सकते राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि पिछले तीन दिनों के दौरान बाहर से आये अप्रवासी लोग कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हाईरिस्क वाले हैं इसलिए उन्हें संबंधित जिलों में गांव से बाहर स्कूलों में बने आइसोलेशन केन्द्रों में रखा जा रहा है उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों पर लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिये सख्ती बरती जा रही है कटिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लगभग एक दर्जन द्रकानदारों समेत विभिन्न लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है इधर शेखपुरा में जिला प्रशासन द्वारा तीन होटलों में क्वारेनटाइन सेंटर बनाये गये हैं जिनमें दंडाधिकारी और चिकित्सकों को तैनात किया गया है सीतामढ़ी में जरूरतमंद लोगों को संबंधित पुलिस थाने में मोबाईल पर संपर्क करने की सुविधा दी गयी है मुजफ्फरपुर में नगर आयुक्त के निर्देश पर विभिन्न इलाकों में फॉगिंग की गयी है इधर औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड के देवहरा गांव के युवा वैज्ञानिक विनीत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये एक विशेष छाते का निर्माण किया है इस छाते में सेनेटाइजर लगे हुए हैं जो छाता खोलने पर व्यक्ति का संक्रमण से बचाव करेंगे जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन ने देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने और अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है

वर्तमान स्थिति में लोग घरों के काम खेल अध्ययन बागवानी जैसे कार्य कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से लॉकडाउन के दौरान समय के उपयोग के बारे में बातचीत की मुजफ्फरपुर की शिक्षिका संगीता झा ने बताया कि वे अपने समय का ज्यादा उपयोग पढ़ने में करती हैं

पंचायती राज विभाग ने जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में इससे संबंधित आदेश निर्गत कर दिये हैं त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं इस मद की राशि से कोरोना उन्मूलन में लगे डॉक्टर नर्स स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी और अन्य प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिये सेनेटाइजर साबुन मास्क ग्लव्स जैसी आवश्यक चीजों की खरीदारी स्थानीय स्तर पर कर सकेंगी प्रदेश भाजपा ने सभी जिलाध्यक्षों को गरीबों बेघरों और प्रवासी कामगारों की मदद करने के लिये आगे आने को कहा है बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने टेली कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाध्यक्षों से बातचीत कर कई निर्देश दिये सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि अपने अपने घरों से भोजन का पैकेट तैयार कर आसपास रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों रिक्शा और ठेला चालकों तथा अन्य गरीबों को वितरित करें साथ ही दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने क्षेत्र के प्रवासियों के मोबाईल नम्बर एकत्र कर आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है मूख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जन प्रतिनिधियों आम लोगों और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के अंशदान का सिलसिला जारी है दिवंगत विधान पार्षद सत्येन्द्र नारायण सिंह कुशवाहा की पत्नी सुलेखा सिंह ने अपने दो माह का पेंशन इसमें अंशदान किया है वहीं समस्तीपुर जिले के आठ सौ से अधिक होमगार्ड के जवानों ने अपने एक दिन का वेतन छह लाख उन्नीस हजार रूपये इसी कोष में जमा कराया है कटिहार के सांसद द्रलाल चंद गोस्वामी ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि नौंवी से ग्यारहवीं तक के विद्यार्थियों को औसत अंक देकर अगली कक्षा में प्रमोट करें बोर्ड ने विभिन्न स्कूल प्रबंधन को जारी पत्र में कहा है कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी कुछ विषयों की परीक्षा कोरोना लॉकडाउन के कारण बाधित हो गयी उन्हें उन विषयों में औसत अंक देकर अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाये राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने आठ सौ तिरासी दवाओं के मूल्य संशोधन की अनुमति दी है प्राधिकरण ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण बाधित दवाओं की आपूर्ति अब सामान्य हो रही है सरकार उन चौबीस चिकित्सा उपकरणों का नियमन कर रही है जिन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट उन्नीस सौ चालीस और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स उन्नीस सौ पैंतालीस के तहत दवाओं के रूप में अधिसूचित और विनियमित किया गया है

देश भर में एक हजार छह सौ सैंतीस लोग महामारी से संक्रमित

अन्य की तलाश में राज्य भर में छापेमारी जारी